प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्वाजंलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को सत्ताईस अगस्त तक के लिये किया गया स्थगित

प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के चलते कई नदियां उफान पर भारत रत्न पूर्व प्रवानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई का अस्थि कलश कल लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में आयोजित श्रद्वाजलि समा के बाद गोमती नदी में वैदिक मंत्रोच्वार के बीच विसर्जित कर दिया गया

इससे पहले केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ महेन्द्र नाथ पांडे के साथ विरोष विमान से अस्थियां लेकर लखनऊ पहुंचे जहां मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और अनेक भाजपा नेताओं ने अस्थि कलशों को प्राप्त किया

तेज बारिश के बावजूद हजारों लोग अपने प्रिय नेता के दर्शनों के लिए एयरपोर्ट से लेकर झूलेलाल पार्क तक मौजूद रहे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजब्बर के अलावा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव भी श्रद्धांजलि समा में शामिल हुए

सुशील चंद्र तिवारी कलश यात्रा के कारण कल लखनऊ रहर के अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बंद रहे ताकि लोग लखनऊ से पांच बार सांसद रहे अपने प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी के अस्थि कलशों के अन्तिम दर्शन कर सके आज से पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलरा प्रदेश की विभिन्न नदियों में प्रवाहित किये जायेंगे बस्ती में होने वाले अस्थि विजर्सन के संबंध में स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि स्वर्गीय वाजपेयी का अस्थिकलश आज बस्ती की सीमा में प्रवेश करेगा

अटल जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गांव गरीब किसान मजदूर कार्य के लिए नेशनल हाईवे से लेकर परमाणु सिस्टम संदेश बनाने में अटल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों में भारत रत्न पूर्व प्रघानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को भावभीनी श्रद्वाजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही को सत्ताईस अगस्त पूर्वान्ह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिवंगत नेता अटल र्जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वाजर्पई जी ने देश हित में कई कड़े निर्णय लिये उन्होंने कहा कि अटल जी ने स्वर्णिम चत्मुर्ज योजना से लेकर संचार क्रांति तक बड़े बड़े काम किये अटल जी के रहते देश परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा हुआ उन्होंने कहा कि अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से लेकर भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए उनका जाना अपूरणीय क्षति है विघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दिवंगत नेता अटल जी को श्रद्दाजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी पक्ष और विफ्व समी के अच्छे कामों की सराहना करते थे नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौधरी ने अटल जी को श्रद्वाजलि देते हुए उन्हें सर्वमन्य नेता बताया और कहा कि अटल जी का सभी राजनैतिक दल सम्मान करते थे

उन्होंने अटल जी के कई सेस्मरण भी साझा किये इसके बाद सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने अटल जी के निघन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत की क्षमता के सीमित होने से सम्बद्ध मुद्दों को हल करने की जरूरत पर जोर दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि सीमित शोव और व्याख्या तथा बौद्ध परिक्रमा के इतिहास की प्रस्तुति पर्याप्त रूप से न किये जाने जैसे प्रस्नों को हल करने की जरूरत है श्री कोविंद कल नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्व सर्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बौद्व विरासत स्थलों के बारे में एक वेबसाइट का भी श्मारम्म किया केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने तीन महीने के बाद कल फिर से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का पदभार संभाल लिया सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्दन सिंह रातौर ने एक ट्वीट में श्री जेटली का स्वागत किया है श्री रातौर ने देश की सेवा के लिए आने वाले वर्षो में उनके स्वस्थ रहने की कामना की विगत चौदह मई को श्री जेटली का गुर्दा प्रत्यारोपण होने के कारण उनके मंत्रालय का कार्यभार अंतरिम आधार पर श्री पीयूष गोयल को सौंपा गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छबीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं ये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है वरिष्ठ पत्रकार लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर का कल नई दिल्ली में निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे भारतीय पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक क्लदीप नैयर के निघन पर दुःख प्रकट करते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि कुलदीप नैयर ने पत्रकारिता जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय नैयर के योगदान को सदैव याद किया जायेगा उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है पहाड़ों में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर है क्शीनगर जनपद में बुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे यहां दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं उधर गोण्डा में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे टापू बने यहां के गांवों में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहराइच सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रूखाबाद में गंगा नदी उफान पर है वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर कम होने से कटान के कारण जिले के लगभग दो दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है कई गांवों में सम्पर्क मार्ग के कटने से राहत सामग्री के वितरण और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहंचाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है झांसी जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण बेतवा पर बने बड़े बांघों में से एक माताटीला बांघ से अतिरिक्त पानी छोड़े के कारण आस पास के इलाकों में बाढ़ की आशंका पैदा हो गयी है जिले में खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबी हुई है और मवेशियों के लिए चारे का भी संकट पैदा हो गया है